मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत की मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी झील के किनारे नया पर्यटन शहर बसाया जाएगा सांसद भगत सिंह कोशियारी ने चमोली में बुद्धिजीवी सम्मेलन में कहा कि राजनीतिक दलों में युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल प्रस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अल्मोड़ा के कोसी पुनर्जनन अभियान को सम्मानित किया स्लग वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक उन बहादुर सैनिकों के सम्मान में समर्पित किया गया है जिन्होंने आजादी के बाद से देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों का भी स्मरण करता है जिन्होंने शांतिवाहिनी मिशन और उग्रवाद और आंतकरोधी अभियानों में सर्वोच्च बलिदान दिया है स्मारक में चार वृत्त हैं अमर चक्र वीरता चक्र त्याग चक्र और रक्षक चक्र इस युद्ध स्मारक परिसर में एक केन्द्रीय चतुर्षकोण स्तंभ एक शाश्वत ज्योति और थल सेना वायु सेना और नौसेना की ऐतिहासिक पराक्रम को दर्शाती छह कांस्य वृतचित्र शामिल हैं

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे महान शहीदों के पराक्रम को श्रद्वांजलि देने का एक कृ तज्ञ राष्ट्र का छोटा सा प्रयास है

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीन दिन चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि टिहरी झील महोत्सव प्राकृतिक सौंदर्य संस्कृति संगीत खानपान वाटर स्पोर्ट्स के रोमांच से भरपूर है यहां आने वाले पर्यटकों को टिहरी झील में प्रकृति का सौंदर्य और एडवेंचर का लुत्फ मिलेगा जो एक कभी न भूलने वाला अहसास है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी झील के रूप में हमारे पास अनमोल धरोहर है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करती है उन्होंने टिहरी झील को बहता हुआ सोना बताया उन्होंने कहा कि टिहरी में नया पर्यटन शहर बसाया जाएगा श्री रावत ने कहा कि टिहरी हमारे न्यू डेस्टिनेशन में से एक है यहां पर्यटन को विकसित किया जाएगा ताकि देश विदेश के लोग यहां आएं और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का लुत्फ उठाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क मार्ग उड़ान योजना और सी प्लेन जैसी योजनाओं के जरिये पर्यटन स्थलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है इससे पर्यटकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान होगा इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि टिहरी झील एकेडमी का नाम अब एवरेस्ट विजेता दिनेश सिंह रावत के नाम पर रखा जाएगा इस महोत्सव में सात राज्यों के कलाकार प्रस्तुति देंगे

कार्यक्रम में एयरो और वाटर स्पोर्ट्स का प्रदर्शन भी किया जायेगा

नगर पालिका के साथ ही फड़ व्यवसायियों और महिलाओं ने स्वच्छता अभियान में भागीदारी की उन्होंने सरयू और गोमती नदी के किनारों और घाटों की सफाई की सभी ने लोगों से अपने घर गली मोहल्ले और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने की अपील की उन्होंने कहा कि बाबा बागनाथ की इस नगरी को हमें स्वच्छ रख एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा बाबा बागनाथ के दर्शन को हर साल हजारों की संख्या में देश और विदेश से सैलानी आते है समिति के अध्यक्ष किशन राम ने कहा कि नगर को साफ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है तभी स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना सच साबित होगी लोगों को घरों से निकलने वाले जैविक अजैविक कूड़े की व्यवस्था अलग अलग करनी है

चमोली जिले में हेमकुंड साहिब रूपकुंड फूलों की घाटी औली में बर्फबारी होंने से तापमान में गिरावट आयी है वहीं बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्का हिमपात हुआ जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई वहीं राजधानी देहरादून में धूप की आंख मिचौली जारी रही

वहीं देहरादून हरिद्वार टिहरी पौड़ी नैनीताल ऊधमसिंह नगर चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं ओलावृष्टि और झक्कड़ की संभावना है

विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ भारत के साथ खड़ी हैं देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां विषय पर अपने विचार रखे

स्लग शहीद मदद पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों के लिए राज्य के ग्रामीण अंचलों में लोग सहायता राशि जमा कर रहे हैं इसी कड़ी में पौड़ी के कल्जीखाल विकासखण्ड की अस्सी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और शहीदों को श्रद्वांजलि दी इसके साथ ही यहां जुटे लोगों ने शहीद परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए धन जमा किया यहां जमा की गई धनराशि को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया गया

आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि जल संरक्षण के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जा रहे हैं इनमें अल्मोड़ा जिला भी शामिल है जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार के लिए अल्मोड़ा जिले के कोसी पुनर्जनन अभियान को पहले स्थान के लिये चुना गया है कोसी पुनर्जनन अभियान को नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किये गए प्रयासों की श्रेणी में उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पहला स्थान मिला है

नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया नई कर दरें पहली अप्रैल से लागू हो जाएंगी बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पन्त भी मौजूद थे

यह शर्त भी रखी गई है कि इस प्रकार के आवासीय भवनों का मूल्य चालीस लाख रुपये से अधिक न हो स्लग बुद्धीजीवी सम्मेलन पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भगत सिंह कोशियारी ने कहा है कि पार्टी में अब युवाओं को आगे आना चाहिए और उन्हें मौका मिलना चाहिए चमोली जिले के गोपेश्वर में भाजपा के बुद्धिजीवी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए इस कार्यक्रम में जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही मात् शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टी को मजबूत करने के पर अपने विचार रखे कई कार्यकर्ताओ ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी बताई जिन्हें दूर करने का आश्वासन सांसद कोश्यारी ने दिया स्लग चमोली योजना चमोली के पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास और सांस्कृतिक समिति ने फिल्म और नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को स्व रोजगार के लिए प्रेरित किया सांस्कृतिक समिति ने अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत पांच लाख रूपये की बीमा कवरेज की सुविधा के बारे में लोगों को जानकारी दी इसके साथ ही चारधाम परियोजना स्वच्छता होम स्टे योजना के तहत पहाड़ की परम्परागत शैली के घर बनाकर आर्थिकी को मजबूत करने के बारे में बताया नुक्कड़ नाटक के जरिये कौशल योजना और महिला सशक्तिकरण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया इसके साथ ही पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए सरकार की योजनाओं से लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत करने पर जोर दिया गया

स्लग जागरुकता रथ भारत सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी द्रस्थ गांवों तक पहंचाने के लिए उत्तरकाशी में जागरुकता रथ को रवाना किया गया गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर विधायक गोपाल रावत ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्री रावत ने कहा कि सक्रिय होकर पारदर्शिता और आपसी तालमेल के साथ कार्य करें